इससे जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है शहर के चारदीवारी क्षेत्र में पानी भर गया और यातायात में रूकावट आ रही है कई स्थानों पर लोग भी फंस गए हैं मौसम विभाग ने जयपूर शहर में दोपहर तीन बजे तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है दौसा बारां करौली ॅसवाई माधोपुर और टोंक जिलों में भारी बारिश के समाचार है

उदयपुर जिले में सिरौली नदी उफान पर है और इसके चलते केसर सागर तालाब भी छलक गया है मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में अजमेर में भारी बारिश और सीकर और टोंक जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है राज्य में एक माह से ज्यादा समय तक चली राजनीतिक अस्थिरता के बाद राज्य विधानसभा का पांचवा सत्र आज से शुरू हो गया है कोरोना संकमण को ध्यान में रखते हुए इस बार सदन में सदस्यों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि दो सदस्यों के बीच निश्चित दूरी बनाई जा सकेगी

सदन में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के प्रति भी शोक प्रकट किया गया

जयपुर में हो रही तेज बारिश के कारण कांग्रेस के विधायक होटल से विधानसभा समय पर नहीं पहुंच पाए और सतापक्ष की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कृष्ठ मंत्री ही उपस्थित रहे वहीं विपक्षी दल भाजपा के सभी सदस्य सदन में मौजूद रहे

यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा वहीं प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी कल नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की कोविड की जांच की जाएगी खबरों में कहा गया था कि कोरोना नेगेटिव पाए जाने वाले आवेदकों को ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया